नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि समावेशी संस्क ति और प्रतिबद्धता ने देश को अनेकता में एकता के तानेबाने के साथ एकज्ट किया है

श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों सहित सभी नागरिकों के संवैधानिक सामाजिक और धार्मिक अधिकार भारत की संवैधानिक और नैतिक गारंटी है श्री नकवी ने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके मित्र नहीं हो सकते उन्होंने कहा कि लोगों को दुष्प्रचार के उद्देश्य से फैलाई जा रही फर्जी खबरों और साजिशों से साक्यान रहना चाहिए श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में समूचा देश जाति धर्म और क्षेत्र के सभी बंधनों को तोड़कर कोरोना के खिलाफ लडाई में एकजुट है श्री नकवी ने बताया कि तीस से अधिक राज्य वक्क बोर्डो ने रमजान के महीने में सभी मुस्लिम धर्म गुरूओं इमामों धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों मुस्लिम समुदाय और स्थानीय प्रशासन के समन्वय और सहयोग से लॉकडाउन के नियमों का कडाई और ईमानदारी से पालन करने और स्रक्षित दूरी बनाए रखने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि लोगों को स्वास्थ्यकर्मियों सुरक्षा बलों प्रशासनिक अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं केन्द्र सरकार ने सभी समाचार पत्रों और मीडिया प्रतिष्ठानों को कोविड नाइन्टीन महामारी के मदेनजर मीडियाकर्मियों की समृचित स्वास्थ्य रक्षा सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने ट्वीट संदेश में कहा है कि ये बहत ही दखद है कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पचास से ज्यादा पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये हैं उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिये

उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह बिस्ट ने पिता को मुखाग्नि दी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह राक्त समेत कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हए मुख्यमंत्री के पिता आनंद सिंह बिस्ट का लंबी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निघन हो गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था उन्होंने अन्य लोगों से भी कम से कम संख्या में अंत्येष्टि में शामिल होने की अपील की थी उधर गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में आज शोक सभा का आयोजन कर नाथ पंथ के साधु संतों धर्माचार्यो और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने शोक संदेश पढ़ा उन्हॉने बताया कि श्री योगी के दिवंगत पिता वर्ष उन्नीस सौ तिरानबे में मंदिर आए थे उन्होंने कहा कि वे धैर्यवान सरल और मुद्भाषी स्वभाव के व्यक्ति थे

ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवकों ने राष्ट्रहित में सदैव व्यापक योगदान दिया है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के समय में भी लोक सेवक समर्पित भाव से निरंतर कार्य कर रहे हैं

प्रदेश के गृह विभाग एवं सूचना तथा जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें देश भर में सात करोड़ से ज्यादा लोग इसे अब तक डाउनलोड कर चुके हैं यह ऐप हमें कोरोना वायरस से स्वयं को होने वाले खतरे के प्रति आगाह करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है

इसमें बहुत प्रमावी प्राकृतिक रोगाणुरोधी एजेंट तुलसी और कीटाणुओं को मारने के लिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल है संस्थान के निदेशक डॉक्टर एस के बारिक ने बताया कि हर्बल हैंड सैनिटाइजर का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और सतह के रोगाणुओं को नष्ट करने में इसे बहुत प्रभावी पाया गया है उन्होंने बताया कि इसका प्रभाव लगभग पच्चीस मिनट तक रहता है और यह त्वचा को निर्जलीकरण से बचाता है डॉक्टर बारिक ने बताया कि क्लीन हैंड जेल के ब्रांड नाम का यह उत्पाद बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाएगा